केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो लिंक के जरिये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन किया

ओएसडी और पीएसओ के कोरोना पॉजीटिव निकलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार दिन के लिए स्वयं को आइसोलेट किया मुख्यमंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है

आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए प्रधानमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऐप के बारे में भी बताया उन्होंने छत्तीसगढ के चिंगारी ऐप का भी उल्लेख किया जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की भी अपील की प्रधानमंत्री कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की भी सराहना की

मैं इसके लिए देश के किसानों को बघाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी

श्री मोदी ने सुरक्षाबलों के सहयोगी के रूप में असाधारण योगदान करने वाले श्वानों की भी चर्चा की उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्वान क्रैकर का भी जिक्र किया जो आईईडी विस्फोट में शहीद हो गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस में देश अपनी आजादी की पचहत्तरवीं जयंती मनाएगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने जिले और क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में अनुसंधान करें उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालयों के विद्यार्थी स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर पचहत्तर कविताएं लिखने और स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों पर मंचीय कथाएं भी लिख सकते हैं गडकरी पुल उदघाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो लिंक के जरिये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दो सड़क परियोजनाओं के साथ ही तीन पुलों का उदघाटन किया जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया उनमें निजामाबाद जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरसठ पर प्रणहिता नदी पर स्थित पुल के साथ ही इसी राजमार्ग पर पाटागुडम के पास इंद्रावती नदी पर बना हाई लेवल ब्रिज भी शामिल है इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि इन महत्वपूर्ण पुलों के बन जाने से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिये सड़क संपर्क स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है

एक सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक फोर में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ायी गयी है इक्कीस सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी इक्कीस सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि तीस सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेज शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इस तरह की आवागमन के लिए अलग से अनुमति या स्वीकृति अथवा ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी गृह मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है जेईई नीट परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए राज्य सरकार निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करेगी इस दौरान परीक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को भी निःशुल्क यात्रा की अनुमति होगी वाहन में यात्रा के लिए परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं निर्देश में जिला कलेक्टरों को कल इकतीस अगस्त से परीक्षार्थियों के लिए बसें चलाने कहा गया है निर्देश में कहा गया है कि परीक्षार्थियों की संख्या कम होने पर जीप और मिनी वैन जैसे वाहनों की भी व्यवस्था की जा सकती है गौरतलब है कि संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एक सितंबर से शुरू हो रही है इस परीक्षा में प्रदेश के लगभग साढ़े तेरह हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे इसके लिए राज्य में पांच परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं

राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ओएसडी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है साथ ही मुख्यमंत्री के पीएस ओ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन वे एहतियात के तौर पर चार दिन आइसोलेशन में रहेंगे गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी और उनके पूरे परिवार की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी इधर बिलासपुर के सरकंडा थाने में दो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उधर दुर्ग जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैंक ऑफ बड़ौदा के चार कर्मी और एक ही परिवार के छह सदस्य सहित बावन नये संक्रमितों की पुष्टि हुई है वहीं जांजगीर चांपा जिले में चौबीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है बिलासपुर जिले के सीपत थाना प्रभारी मानसिंह राठिया की आज एम्स रायपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने सीपत थाना को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं वहीं बिलासपुर शहर के टिकरापारा इलाके में एक व्यवसायी परिवार में भी पति पत्नी और पुत्र की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है उधर राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमण से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई इस बीच राजनांदगांव जिले में सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों को बिना पहचान बताए दवाई दुकान से दवा नहीं दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रजिस्टर बनाने को कहा है इधर रायगढ़ शहर में चौदह दिन के लॉकडाउन के बाद कल से दुकानें खुलेंगी सब्जी और फल की दुकानों को सुबह सात से दोपहर एक बजे तक और अन्य दुकानों को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है रविवार को बाजार बंद रहेंगे कोरोना जांच राज्य सरकार ने प्रदेश के कृछ निजी लैब और अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए जांच की अनुमति दी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर के छह निजी लैबों को कोरोना संक्रमण की आरटी पीसीआर जांच की अनुमति दी गई है इनमें कोर डायग्नोस्टिक लैब डॉक्टर लालपैथ लैब एसआरएल पाथ काइंड मेट्रो पोलीस हेल्थ केयर और सब अर्बन लैब शामिल हैं इसके अलावा नया रायपुर के बालको मेडिकल सेंटर और रायगढ़ के ओपी जिंदल अस्पताल को ट्र नॉट टेस्ट की अनुमति दी गई है साथ ही रामकृष्ण केयर मेडीशाइन श्री नारायणा और वी केयर अस्पताल तथा बिलासपुर के अपोलो और कोरबा के एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर को रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की अनुमति दी गई है कोई भी व्यक्ति इन निजी लैबों और अस्पतालों में स्वयं के खर्च पर कोरोना संक्रमण की जांच करा सकता है

हालांकि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है धमतरी जिले में पानी की आवक लगातार बढ़ने से गंगरेल बांध के तीन गेट खोले दिए गए हैं मॉडम सिल्ली बांध के गेट पहले ही खुल चुके हैं इधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में महानदी का पानी शबरी पुल से नीचे आ गया है इसके बाद मार्ग पर भारी वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए आवागमन बहाल कर दिया गया है हालांकि शिवरीनारायण क्षेत्र की कई निचली बस्तियों में अभी भी जलभराव की स्थिति है इन बस्तियों के प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है उधर बेमेतरा जिले के नांदघाट में शिवनाथ नदी उफान पर है बारिश के कारण नांदघाट के आसपास के कई क्षेत्र और गांव टापू में तब्दील हो गए हैं साथ ही करमसेन गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से टूट गया है वहीं दुर्ग जिले में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया और अनेक गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की इस बीच जिले के प्रभारी सचिव सिद्वार्थ कोमल सिंह परदेशी ने भी आज जिले को जलभराव वाले इलाके का निरीक्षण किया श्री परदेशी राहत शिविरों में भी पहुंचे और प्रभावितों से चर्चा की इधर बालोद जिले के हलदी गांव में एक अधेड़ के खरखरा नदी में बहने की खबर मिली है फिलहाल बचाव दल अधेड़ की तलाश कर रहा है वहीं राजनांदगांव जिले के कोहका में शिवनाथ नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई

वहीं कुछेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान के बढ़ने की संभावना है पोषण अभियान प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरूआत एक सितंबर से की जाएगी वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जनआंदोलन के रूप में मनाया जाएगा इस दौरान कुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा यह अभियान आगामी तीस सितंबर तक चलेगा गौरतलब है कि कुपोषण के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष दो हजार अट्ठारह से देशव्यापी पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है माओवादी संयुक्त बैठक प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कल साल्हेवारा में संपन्न हुई बैठक में माओवादियों की वर्तमान गतिविधियों और भविष्य में उनके खिलाफ संयुक्त अभियान चलाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया बैठक में प्रदेश के राजनांदगांव कबीरधाम मध्यप्रदेश को बालाघाट और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में मनरेगा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलो हर्द्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मोहर्रम आशुरा ए मोहर्रम आज छत्तीसगढ़ सहित देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में अपने प्राणों का बलिदान दिया वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार ताजिया जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीने मोहर्रम के दसवें दिन आज यौम ए अशूरा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है श्री मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओणम् पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर मलयाली समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों के जीवन में सुख समुद्धि और खुशहाली की कामना की है राज्य के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों की बारह सौ अस्सी प्राथमिक साख समितियों के पुनर्गठन के लिए दस सितंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया पांच सितंबर से प्रारंभ होगी प्रवेश के इच्छुक छात्र तीस सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं महासमुंद जिले के लभराखुर्द में स्थित अस्थायी गौठान में फिर से सात मवेशियों की मौत हो गई अब तक इस गौठान में चौदह मवेशियों की मौत हो चुकी है इसी जिले के लभराखुर्द के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के बढ़वार गांव में सात हाथियों के दल ने ग्रामीणों के कई घरों को क्षति पहुंचाई है वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है